देहरादून में सार्वजनिक मार्गो पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी

राज्य के सभी नागरिकों को बनाया जानवरों का संरक्षक

बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि आपदा की स्थिति में सूचनाओं के आदान प्रदान और राहत बचाव के लिए अर्द्वसैनिक बल सैन्य बल और केंद्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करना होगा वर्षाकाल के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी साझा करने के लिए देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने यह बात कही बैठक में आइटीबीपी एसएसबी बीएसएफ सेना बीएसएनएल और मौसम विभाग के अधिकारियों से उनके पास उपलब्ध संसाधन और राज्य सरकार के संसाधनों की जानकारी को साझा किया इस दौरान मुख्य सचिव ने बीएसएनएल से पहाड़ी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विद्युत आपूर्ति के अभाव में जेनरेटर के लिए पर्याप्त डीजल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए बैठक में मुख्य सचिव ने आपदा के समय अर्द्व सैनिक बल और सेना द्वारा किए जा रहे सहयोग की सराहना भी की भूस्खलन चीन सीमा से लगी पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में अतिवृष्टि के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बह गया है इस मार्ग पर फंसे स्थानीय लोगों को प्रशासन द्वारा रेसक्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है

लेकिन अभी भी कई लोगों के घाटी में फसे होने की आंशका है प्राप्त जानकारी के अनुसार काली नदी के ऊपर पैदल मार्ग करीब आधा किलोमीटर तक भूस्खलन की वजह से बह गया है वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भी हवाई मार्ग से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया वहीं एसडीआरएफ के आई जी संजय गुंज्याल ने बताया कि मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बीते दो दिन पहले अतिवृष्टि के कारण मालपा और नजंग के दोनों पुल बह गए थे उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ लगातार रेसक्यू अभियान चला रही है जिससे फंसे हुए लोगों की मदद की जा सके राहत बचाव पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी धारचूला और बंगापानी क्षेत्र में आई अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के बाद आज भी राहत कार्य जारी है भारी वर्षा के कारण बंद पड़ी सड़कों और पैदल मार्गो को तत्काल खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं

वहीं दो जुलाई को भारी बारिश के बाद लापता हुए चार लोगों की खोजबीन का काम लगातार चल रहा है इसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस और आपदा विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र की विभन्न पेयजल और विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हुई है जिसको सुचारू करने के प्रयास किए जा रहा है अतिक्रमण अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा है कि देहरादून में सार्वजनिक मार्गो पर अतिक्रमण के विरुद्व हाईकोर्ट के आदेशानुसार चल रही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एक निजी विशेष अनुज्ञा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को कोई चुनौती नही दी

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद शहर में अतिक्रमण अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा गंगा संरक्षण गंगा नदी से प्रदूषण को समाप्त करने और नदियों को पुर्नजीवित करने के लिए नमामि गंगे के तहत चमोली जिले में गंगा संरक्षण के लिए कार्य शुरू हो चुके हैं जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में जिलाधिकारी आशीष जोशी ने गंगा सरंक्षण के लिए जिला स्तर पर बेहतर समन्वय बनाकर प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने और गंगा स्वच्छता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए उन्होंने सार्वजनिक स्थलों में कूडा फेकने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को कहा है

अपनी तरह के पहले आदेश में प्रदेश के सभी नागरिकों को जानवरों के कल्याण और संरक्षण के लिए अभिभावक बनाया गया है अदालत ने कहा कि जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाडियों में कोई मशीनी उपकरण नहीं होता इसलिए उन्हें अन्य वाहनों से पहले रास्ता दिये जाने का अधिकार देना होगा न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में नेपाल से आने जाने वाली घोडागांडी के आवागमन को सीमित करने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जानवरों के कल्याण के लिए ये निर्देश दिये

समीक्षा के दौरान संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री विधानसभा के विधायक और मुख्य सचिव उपस्थित रहेंगे साथ ही जिला स्तर पर होने वाली समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहेंगे उज्जवला योजना हरिद्वार जिले में भगवानपुर तहसील के मोहितपुर गांव की सुधा को अब चूल्हे में खाना नही बनाना पडता है सुधा को केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क घरेलू गैस का कनेक्शन मिल गया है अंत्योदय कार्ड धारक सुधा चूल्हे पर ही खाना बनाती थी जिससे उसे कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था लकड़ी की उपलब्धता नही होने से कई बार समय पर खाना भी नही बन पाता था ऐसे में डीडी न्यूज में केंद्र सरकार की उज्जवला योजना की जानकारी मिलने पर सुधा ने गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया सुधा बताती है कि उज्जवला योजना के तहत उसे गैस कनेक्शन मिल गया है सुधा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल रहा है वही उसके परिवार में भी गैस कनेक्शन मिलने से खूशी की लहर है कुमांऊ भ्रमण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज चम्पावत में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकास कार्यों के समय पर पूरा होने से लोगों को इसका लाभ मिलता है अपने पांच दिवसीय कमाऊं दौरे पर चंपावत पहुंचे श्री अग्रवाल ने विभिन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्माऊं क्षेत्र को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बताया उन्होंने पर्यटन सुविधाओं के लिए इन क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया हज टीकाकरण उत्तराखंड से हज यात्रा जाने वाले हज यात्रियों के लिए उत्तराखंड राज्य हज समिति ने आज टीकाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया कार्यक्रम में आज पौड़ी टिहरी चमोली और देहराद्न से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण किया गया

उन्होंने बताया कि यात्रियों की देखभाल के लिए सरकार पहली बार हज यात्रियों के साथ छह खादिम भेज रही है